उन्नीस सौ निन्यानबे में करगिल की पहाड़ियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था करगिल युद्व साठ दिन से अधिक समय तक चला इस वर्ष समारोहों का विषय है नवचेतना नवहर्ष और नव निर्माण सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज श्रीनगर में बादामी बाग में थल सेना के कोर मुख्यालय में शहीदों को पृष्पांजलि अर्पित की राष्ट्रपति का द्रास में शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करने का पहले निर्धारित कार्यक्रम खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् ने करगिल विजय दिवस पर देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्वांजलि दी है श्री नायड् ने ट्वीट संदेश में करगिल युद्व और ऑपरेशन विजय के सभी सैनिकों को नमन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मात्मूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्वांजलि दी है ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह दिन हमें अपने सैनिकों के साहस वीरता और समर्पण की याद दिलाता है प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने करगिल दौरे के कुछ चित्र भी साझा किए हैं और सैनिकों के साथ अपनी बातचीत को अविस्मरणीय बताया है प्रधानमंत्री ने दो हजार पन्द्रह में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की दसवी कड़ी में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम और गौरव का उल्लेख किया था उन्होंने जान की परवाह न करके दुश्मन के प्रयासों को विफल करने वाले शूरवीरों को नमन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्व स्मारक पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की लोकसभा में भी रक्षामंत्री ने शहीदों को नमन किया हम सभी देशवासियों को अपनी देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर पूरा यकीन है क्योंकि आज करगिल विजय दिवस है तो मैं उन सारे जवानों को जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए इस भारत को विजय दिलाई है उनकी स्मृति को श्रद्वापूर्वक नमन करता हूं पहली बार एकसाथ तीनों सेना प्रमुख थलसेना प्रमुख जनरल विपिन रावत नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोवा ने द्रास में करगिल युद्व स्मारक पर ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोवा ने आठवीं माउंटेन डिवीजन की स्मृति में सैन्य डाक टिकट जारी किया है राज्यसभा में भी आज करगिल युद्व के शहीदों को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की गई सदन में बहादुर जवानों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई विधानमंडल का यह अल्पकालीन मानसून सत्र विगत अट्ठारह जुलाई को शुरू हुआ था इस दौरान सात उपवेशन आयोजित हुए सत्र के दौरान वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिये सरकार का पहला अनुप्रक बजट भी पारित हुआ विधानसभा में आज उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस उत्तर प्रदेश का राज्य सम्प्रतीक अनुचित प्रयोग का निषेघ विधेयक दो हजार उन्नीस के साथ कई अन्य विधेयक सदन से पारित हुए इसके बाद कियानसभा अध्यक्ष ने आज के लिये निर्धारित कार्यसूची पूरा करने के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया वहीं विधान परिषद की कार्यवाही को भी सभापति ने अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने लोगों के सुझाव आमंत्रित किये हैं इसे माई गव ओपन फोरम पर भेजा जा सकता है श्रोता टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी कॉल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते तीन दिन से रूक रूक कर हो रही वर्ष से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है गोरखपुर महराजगंज सिद्धार्थनगर देवरिया कुशीनगर बस्ती और संतकबीरनगर सहित विभिन्न पूर्वी जिलों में आज भी हत्की से मध्यम बारिश हुई बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों में जगह जगह जलभराव होने से आम जनजीवन प्रमावित हुआ है मैसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है